मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आज शिमला से इस राज्य स्तरीय विशेष अभियान का शुभारंभ करेंगे इस दौरान युवाओं को नशा न करने की शपथ दिलाई जाएगी और जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे जानकारी दी जाएगी इसके अलावा कई स्थानों पर योग सत्र और डी एडिक्शन शिविर भी लगाए जाएंगे गृहिणी सुविधा राज्य सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना की पात्रता में क्छ संशोधन किया है इसके मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त करने वाले पंजीकृत ठेकेदार और आयकरदाताओं के परिवार भी योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन पाने के हकदार होंगे

प्रतिनिधिमंडल प्रदेश में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों के अध्ययन को लेकर कर्नाटक सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश का दौरा किया अतिरिक्त प्रधान मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में शिमला में हिमाचल व कर्नाटक के अधिकारियों की एक बैठक भी हुई इस दौरान सदस्यों ने वन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया और वानरों की समस्या से निपटने के उपायों की जानकारी ली व्यापार मेला नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में इन दिनों भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कलाकार हस्तशिल्पी बुनकर उद्यान व कृषि के क्षेत्र के लघु उद्यमियों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने उत्पाद प्रदर्शित कर हिमाचल की भागीदारी सुनिश्चित की है मेले में हिमाचल प्रदेश के मण्डप का शुभारम्भ भाषा कला एवं संस्कृति विभाग की सचिव पूर्णिमा चौहान ने किया मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं और जनजातीय क्षेत्रों में रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है लाहौल स्पिति जिले का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे पर हिमपात होने के बाद वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं मौसम विभाग ने आज राज्य के छः जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है इसके मुताबिक कांगड़ा मंडी चम्बा कुल्लू लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के अनेक भागों में भारी वर्षा या हिमपात की चेतावनी दी गई है

दैनिक जागरण का शीर्षक है पेपर सेटिंग में बदलाव करेगा स्कूल शिक्षा बोर्ड हिमाचल दस्तक के मुताबिक बदलेगा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं का पैटर्न दिव्य हिमाचल ने खबर दी है पालमपुर बनेगा नगर निगम जयराम सरकार ने दी सैद्वांतिक मंजूरी शीत सत्र में आएगा विधेयक एपीजी विश्वविद्यालय में दाखिले में फर्जीवाड़ा निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने पकड़ी गड़बड़ी शीर्षक से खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है अमर उजाला लिखता है अब बिना कनेक्शन वाले हर वर्ग को मुफ्त रसोई गैस अगले हफ्ते होंगे तीन बड़े धमाके शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है कैबिनेट की बैठक में आएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय अफसरशाही का बड़े स्तर पर होगा फेरबदल कैबिनेट में नया चेहरा हो सकता है शामिल मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है रोहतांग दर्रे में एम्बुलैंस सहित कई वाहन बर्फबारी में फंसे जबकि अमर उजाला लिखता है रोहतांग में बर्फीला तूफान घंटों फंसे रहे कई वाहन आपका फैसला का शीर्षक है ऊपरी हिमाचल में फिर बर्फबारी हाई अलर्ट जारी